जयराम ठाकुर ने कहा कि शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के लोगों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने राज्य के भीतर ही रोजगार प्राप्त कर सकें उन्होंने प्रदेश में आने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप्प डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ सामाजिक दूरी के महत्व के बारे में सूचना शिक्षा व संचार सामग्री उपलब्ध करवाने पर भी बल दिया जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों में वापिस लौटे लोगों के कारण प्रदेश में कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या में तेजी से इज़ाफा हुआ है

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस महामारी को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन लोगों को संस्थागत व होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति व टास्क फोर्स गठित की गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा गतिविधियों को पुनः शुरू किया गया है उन्होंने कहा कि धर्मशाला का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इस नगर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के कार्य में तेज़ी लाई जाएगी बाद में धर्मशाला के पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में बाल मज़दूरी संबंधी समस्या न होने पर संतोष व्यक्त किया है वे आज शिमला में सामाजिक कल्याण श्रम व रोजगार मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में बोल रहे थे राज्यपाल ने अधिकारियों को स्कूल के समय और बाद में कार्य करने वाले विद्यार्थियों का डाटा एकत्रित करने के निर्देश दिए हैं राज्यपाल ने अधिकारियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से विशेष जनजतीय क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर उत्पादित फल व अन्य पौषक आहार उपलब्ध करवाने के भी आदेश दिए हैं रामस्वरूप सांसद रामसवरूप शर्मा ने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में सांसद निधि से चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की आज समीक्षा की उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी विकास परियोजनाओं को समयबद्व पूरा करने के निर्देश दिए

इनमें से सबसे अधिक हमीरपुर जिले से पांच सिरमौर से दो जबकि चंबा व सोलन जिले से एक एक कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं कोरोना पॉजीटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं सुरक्षा पंजाब के पठानकोट से लश्कर ए तैयबा के दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद कांगड़ा जिले में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस ने पठानकोट के साथ लगते नूरपुर उपमंडल में लगाए गए नाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन जिले में स्थित सैन्य क्षेत्रों के अधिकारियों से के साथ तालमेल बिठाकर काम कर रहा है

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया

बैठक में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केन्द्र व राज्य सरकार पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम में विफल रहने का आरोप लगाया है शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश आज गिरती अर्थव्यवस्था बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है और भाजपा संकट के इस दौर में वर्चुअल रैलियों में व्यस्त है राठौर ने प्रदेश भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के पास कांग्रेस के सवालों का कोई जवाब नहीं है और कोरोना महामारी के दौरान भी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को हिमाचल लाया जा रहा है

रणधीर शर्मा प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला द्वारा पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री के खिलाफ मीडिया में की गई बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है एक बयान में उन्होंने कहा है कि भाजपा में सार्वजनिक रूप से नेताओं पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के खिलाफ आलोचना करने की परम्परा नहीं है उन्होंने कहा कि पार्टी निश्चित रूप से इसका कड़ा संज्ञान लेगी ब्राक्टा रोहडू के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा है कि आगामी सेब सीजन को लेकर मज़दूरों को लाने संबंधी प्रदेश सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी मज़दूर सेब बाहुल्य क्षेत्रों में नहीं पहुंचे हैं ब्राक्टा ने कहा कि बागवानों को मजदूरों के साथ साथ कार्टन की चिंता भी सता रही है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस संकट के दौर में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने ज़मीनी स्तर पर कार्य किया है और लोगों को सेनिटाइजर मास्क के अलावा आवश्यक वस्तुएं वितरित की हैं विकमादित्य कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार पर जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों को नजर अंदाज करने का आरोप लगाया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा की आपसी अंतर्कलह से ये साबित हो रहा है कि सरकार द्वारा चुने गए नुमांइदों की बजाए कम जनाधार वाले लोगों को तरजीह दी जा रही हैं उन्होंने सरकार पर कांगड़ा जिले की अनदेखी का भी आरोप लगाया है मांग चंबा ज़िले के दूरदराज क्षेत्र भरमौर की बजोल पंचायत में दूरसंचार व इंटरनेट सुविधा न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पंचायत प्रधान सीमा देवी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय संचार मंत्री को पत्र लिखा है उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को फोन करने के लिए कई किलोमीटर दूर आना पड़ता है सीमा देवी ने लोगों की इस समस्या का जल्द समाधान करने का सरकार से आग्रह किया है